उन्होंने कहा िक उज्जवला योजना द्निया में गरीबी उन्मूल्यन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है

उ राष्ट्र ति ने इस बात र ख्शी जाहिर की कि दिसम्बर तक एक करोड़ तीन लाख लोगों ने रसोई गैस सबसिडी छोड़ दी थी जिससे बेहद गरीब वर्ग तक उज्जवला योजना का विस्तार करने में मदद मिली

बोर्ड की सवर्निगबॉडी की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो बोर्ड के अध्यक्ष है ने कहा कि सरस्वती नदी मे ताजे शानी का बहाव स्निश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिये कई कदम भी उठाये गये है इस मौके सर उन्होंने विरासती विकास बोर्ड दवारा तैयार की गई एक मोबाइल ए की शुरूआत भी की उस ऐ में सरस्वती नदी से सम्बधित जानकारी नदी के होने के बारे वैज्ञानिक सबूत मौजूद है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल जालंधर आ रहे है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहले गांधी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के आरो बेब्नियाद साबित हये है और ये विडंवना है कि एक आंतकवादी के मारे जाने पर एक राज्य के गृहमंत्री को तत्कालीन सरकार के इशारे र साज़िश के तहत जेल में डाला था

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के भाषण के त्रंत बाद राफेल मुददे र बहस में हस्तक्षे करते हये श्री जेटली ने अ ने आरो ों को री तरह से गलत और प्रायोजित बताया श्री जेटली ने यूपीए र देश की स्रक्षा क साथ खिलवाड़ करने का आरो लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद का भाषण सर्वोचच न्यायालय के फैसले को झूठा साबित करता है श्री जेटली ने कहा कि आखिरी बार श्री गांधी ने उनके और र्व फ्रांसीसी राष्ट्र ति के बीच बातचीत करवाई दो हर के भोजन के बाद बहस की की शुरूआत करते हये श्रीगांधी ने कहा कि उन्होंने राफेल सौदे की प्रक्रिया मूल्य निर्धारण और संरक्षण के ब्नियादी सवाल उठाये है उन्होंने प्रश्न किया कि अभी तक एक भी जहाज क्यूं नहीं मिला है

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों के रवैये र ऐतराज जताते हये सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया राफेल डील व दूसेर मामले र हो हल्ले के कारण लोकसभा दो बार स्थगित करनी ड़ी हरियाणा सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं और आधार मे सता आदि बदलवाने से सम्बधित समस्याओं के समाधान की जानकरी देने के लिये आधार रथ चलाया है ये रथ दो फरवरी से दस फरवरी तक राज्य के सभी शहरों व गांवों मे जाकर उ लब्ध करायेगा अतिरिक्त मुख्य गृहसचिव श्री एस एस प्रसाद ने आज हरियाणा सचिवालय से आधार रथ को रवाना करते के बाद बताया कि आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन को लेकर हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है और जन्म ंजीकरण के मामले मे भी हरियाणा सबसे आगे है उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के साथ श्रष्ट्राचार को न्य्नतम स्तर र लाने में मदद मिली है और जन वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है

उ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर ूनिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हले भी हेरोइन तस्करी के मामले दर्ज है और वो क्छ दिन शहले ही जेल से जमानत श्र छ्टा है

एस ी क्लदी यादव ने बताया कि आरोपी अर्ज़न यम्नानगर में मोहन नाम य्वक को हथियारों की आप्र्ति करने आया था

दो मुकदमों का नि टारा करते हुये छोटे अ राधों मे शामिल दो बंदियों को रिहा करने के आदेश दिये गये श्री दानिश कुमार ने बताया कि हर महीने के शहले ब्धवार को जेल में लोकअदालत लगाई जाती है उन्होंने कहा कि छोटे अ राधों का मुख्य कारण नशे की लत है और सज़ा अवधि दौरान जेल प्रशासन कांउसलिंग करवाकर इन्हे नशा त्यागने को प्रेरित भी करता है ंजाब हरियाणा में आज भी शीत लहर जारी रही हालांकि कई जगह न्यूनतम ता मान में वृद्वि दर्ज हुई है

बबिठा अमृतसर व फरीदकोट में भी प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले ज्यादा सर्दी दर्ज की गई दोनों राज्यों मे कई स्थानों श्र गहरी ध्ंध छाई रही और अम्बाला ल्धियाना टियाला और बडिंठा सहित कई स्थानों र मामूली बारिश भी हुई है